ये योजना केन्द्र सरकार की विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति के तहत आरम्भ की गई है कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक अदरक उत्पादन सिरमौर जिले में होता है और इस योजना से अदरक की हिमगिरी और अन्य देसी प्रजातियों को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर ज़िले के समीरपुर स्थित अपने आवास में आज जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों बीडीसी सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके द्वारा उठाई गई मांगों व समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया अनुराग ठाकुर ने कहा कि नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास करवाने को लेकर उत्साहित हैं और निर्धारित लक्ष्यों को मिलकर हासिल किया जाएगा मारकण्डा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं और लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है केलंग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरंग के बनने से घाटी के लोगों की हैलीकॉप्टर सेवा पर निर्भरता भी नहीं रही है मारकण्डा ने बताया कि घाटी की ग्रांफू काजा सुमदो सड़क की डीपी आर को केन्द्र से मंजूरी मिल गई है और इस सड़क को अब डबल लेन किया जाएगा उन्होंने कहा कि मुद भावा सड़क को भी देहरादून से वन स्वीकृति मिल गई है

इस हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी के क्षेत्रीय अस्पताल में घायलों का क्शलक्षेम पुछा और अस्पताल प्रशासन को उन्हें हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना भी जताई उन्होंने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपए देने की घोषणा की है शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में अलोह चमियाला से रियाणा सड़क की आज आधारशिला रखी

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे जल्द प्ररा करने के निर्देश दिए

कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेन्द्र जोशी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर महिला सम्मेलन आयोजित करने पर बल दिया है प्रदेश महिला कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधन में उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से सामने आएं उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस को अपनी पार्टी के इतिहास और देश के विकास में उसके योगदान की पूरी जानकारी होनी चाहिए अटल टनल प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग और गुलाबा को पर्यटक वाहनों के लिए आज से खोल दिया गया है मनाली के एसडीएम रमन घरसंघी ने बताया कि मनाली रोहतांग मार्ग पर कुछ स्थानों पर बर्फ जम रही है और सीमा सड़क संगठन को इसे जल्द दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं उन्होंने लोगों से सावधानी से वाहनों को चलाने का आग्रह किया है